मुख्यमंत्री ने बताया कि भेंट के दौरान प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई

प्रधानमंत्री ने राज्य को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री मोदी ने केदारनाथ के अपने अनुभवों को साझा किया

लेकिन विभिन्न कारणों से वे अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीटी और अन्य एजेंसियों से सहयोग मिलता है तो ये प्रोजेक्ट जल्द पूरे होंगे

राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया गया है उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं

उत्तराखंड पर्यटन विभाग और मॉरिशस के बीच जल्द ही चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को लेकर एमओयू साइन किया जाएगा राज्य विधानसभा में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश गोवर्धन के बीच पर्यटन से जुड़े कई महत्पूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हुई पर्यटन मंत्री ने मीडिया को बताया कि वार्ता पूरी तरह सकारात्मक रही है मॉरिशस में चारधाम यात्रा का प्रचार प्रसार होगा जिसका प्रदेश को लाभ मिलेगा

संभावना जताई जा रही है कि यह दल नंदा देवी का अभियान पूरा कर नंदा कोट के पास शिखर से पहले रिज में से होते हुए एक अन्य अनाम शिखर के अभियान में था

यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है देवभूमि का नैसर्गिक सौंदर्य दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है ऋषिकेश भी सैलानियों से गुलजार है ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद झरने सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं इसके अलावा साहसिक खेल और कैम्पिंग के लिए भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं

बताया जा रहा है कि लोहाघाट से चल्थी जा रहा एक वाहन स्वाला के पास असन्तुलित होकर खाई में गिर गया

इस मौके पर प्रदेश की पवित्र नदियों में लोगों ने स्नान किया धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्वालु उमड़े

हरकी पैड़ी समते तमाम गंगा घाटों पर श्रद्वालुओं ने गंगा में ड्बकी लगाकर तर्पण और दान पुण्य किया प्रदेश में चारधाम यात्रा चलने और पर्यटन सीजन होने के कारण हरिद्वार में भारी भीड़ है पूरे शहर में कुंभ जैसे हालात हैं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किये हैं

इस अवसर पर सुबह से ही जगह जगह वट पेड़ों के पास सुहागिन महिलाएं महिलाओं पूजन के लिए उमड़ी वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का खास महत्व माना गया है पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है

मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार आने वाले चार पांच दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों और कुछ मैदानी इलाकों में बीते दिन भी बारिश हुई जिससे तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है बिक्रम सिंह ने कहा कि अब आगे भी निरन्तर तापमान में कमी देखने को मिलेगी जिससे झुलसाने वाले गर्मी के प्रकोप से लोगो को राहत मिलेगी साथ ही जंगलों में लगी आग भी शांत होगी

बारिश खिड़ा नाला उफान पर आ गया जिसमें कई गौशालाएं और उनमें बंधे मवेशी बह गए बारिश के साथ ही आंधी आने के कारण कई मोटरमार्गों पर पेड़ गिरे जिससे यातायात प्रभावित हुआ जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज चौखुटिया में अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया उन्होंने इस दौरान खीड़ा बाजपुर जुकानी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों की समस्या सुनी

एक व्यक्ति अभी तक लापता है जिसकी खोजबीन की जा रही है उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जा रहा है रामनगर में भी कल बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई इस दौरान एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया बागेश्वर जिले के कौसानी में भी अतिवृष्टि से तबाही मची नालियां बंद होने से पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया खेत बह गए और भतेड़िया मोटरमार्ग पूरी तरह बंद हो गया गरुड़ कौसानी मोटरमार्ग में भी लौबांज के समीप भारी मात्रा में मलबा भर गया

ट्रांसफार्मर वाला स्थान धंसने और पोल और तार झूलने के बाद विभाग ने आपूर्ति बंद कर दी क्षेत्र में तमाम स्थानों पर चीड़ के पेड़ भी गिर गए लोक निर्माण विभाग ने रात में जेसीबी लगाकर बंद नालियां खोली सड़क पर गिरे पेड़ भी हटाए लौबांज के पास सड़क को आवगमन के लिए खोला गया हालांकि बारिश से जंगलों में लगी आग भी काफी हद तक बुझ गई है उधर चमोली जिले के लामबगढ़ में कल देर शाम बादल फटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी खेतों को भी नुकसान पहुंचा है और मुख्य सड़क ट्रट गयी है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया

लामबगड़ गांव में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की स्थिति का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल सभी व्यवस्थाएं बहाल करने के निर्देश दिए